प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है अयोध्या भूमि मामले पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का पूरे देश ने दिल खोलकर पूरी सहजता और शांति से स्वागत किया है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोगों को उनके धैर्य संयम और परिपक्वता के लिए धन्यवाद दिया है

पूरी सहजता और शांति के साथ स्वीकार किया आजमन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों को साधुवाद देता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने जिस प्रकार के धैर्य संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है मैं उसके लिए विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि फिट इंडिया मुहिम से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढी है और अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड रहे हैं प्रधानमंत्री ने देश भर के स्कूल बोर्डो और प्रबंधन से दिसम्बर में फिट इंडिया सप्ताह मनाने की अपील की है उन्होंने कहा कि इससे फिटनेस की आदत हमारी दिनचर्या में शामिल हो जायेगी

इस रैंकिंग को हासिल करने वाले सभी स्कूल फिट इंडिया लोगो और फ्लैग का इस्तेमाल भी कर पाएंगे फिट इंडिया पोर्टल पर जाकर स्कूल स्वयं को फिट घोषित कर सकते हैं फिट इंडिया थ्री स्टार और फिट इंडिया फाइब स्टार रेटिंग्स भी दी जाएगी प्रधानमंत्री ने छब्बीस नवम्बर को मनाये जाने वाले संविधान दिवस के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार संविधान को अपनाने के सत्तर वर्ष पूरे हो रहे हैं उन्होंने कहा कि इस अवसर पर संसद में विशेष आयोजन होगा और फिर साल भर पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम होंगे

मै कामना करता हूं कि संविधान दिवस हमारे संविधान के आदर्शो को कायम रखे और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की हमारी प्रतिबद्धता को बल दे आखिर यही सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सभ्यता संस्कृति और भाषाएं पूरी दुनिया को विविधता में एकता का संदेश देती हैं देश में सैंकड़ों भाषायें सदियों से पुष्पित और पल्लवित होती रही हैं श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष दो हजार उन्नीस को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष घोषित किया है इसके तहत उन भाषाओं को संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं

अर्थात मातृभाषा के ज्ञान के बिना उन्नति संभव नहीं है ऐसे में रंग समुदाय की ये पहल पूरी दुनिया को एक राह दिखाने वाली है आज मनाये जा रहे राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी दिवस पर श्री मोदी ने एनसीसी के कुछ कैडेट से बातचीत की प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी नेतृत्व क्षमता देशभक्ति निस्वार्थ सेवा अनुशासन और कठिन परिश्रम की भावना जगाती है और इन सबको हमें अपने चरित्र का हिस्सा बनाने की जरूरत है श्री मोदी ने कहा कि सात दिसम्बर को सशस्त्र बल झण्डा दिवस मनाया जाता है जब हम अपने वीर सैनिकों उनके पराक्रम और बलिदान को याद करते हैं उन्होंने कहा कि इस दिन प्रत्येक नागरिक को सहभागिता के लिए आगे आना चाहिए उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में फड़नवीस सरकार गठन से संबंधित दस्तावेज सोमवार सुबह तक उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कोर्ट ने देवेन्द्र फड़नवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के निर्णय को चुनौती देने वाली शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर यह निर्देश दिया है उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जेनरल तुषार मेहता को राज्यपाल की ओर से भाजपा को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करने संबंधी पत्र और मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस के पास विधायकों के समर्थन का पत्र उपलब्ध कराने को कहा है इधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आज समस्तीपुर में दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राज्यपालों को अपनी भूमिका से कोन्द्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में राज्यपालों के दो दिवसीय सम्मेलन के अंतिम सत्र को संबोधित कर रहे थे श्री कोविंद ने राज्यपालों को अपने अपने राज भवनों को आम जनता और विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों के लिए संवादपरक और सुगम बनाने का सुझाव दिया वैशाली जिले के हाजीपुर में कल एक फाइनेंस कम्पनी में बीस करोड़ से अधिक मूल्य के स्वर्ण आभूषणों की लूट के मामले में फरार तीन अपराधियों की पहचान हो गयी है मुजफ्फरपुर के आरक्षी महानिरीक्षक और वैशाली के पुलिस अधीक्षक की ओर से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन अपराधियों की सूची जारी की गयी है प्रशासन ने वैशाली के विरेन्द्र शर्मा मुकुल कुमार राय और समस्तीपुर के विकास झा की तस्वीर जारी कर लोगों से सूचना देने की अपील की है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के इकहत्तरवें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश सहित पूरे देश में एनसीसी कैडेटों की ओर से मार्च सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इधर कोन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में एनसीसी की ओर से आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में शामिल हुए इस अवसर पर श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना से पूरा देश विकास के रास्ते पर अग्रसर है उन्होंने देश सेवा में अतुलनीय योगदान के लिए नेशनल कैडेट कोर की प्रशंसा भी की कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को दिसंबर माह के अंत तक कृषि फीडर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी कृषि मंत्री ने आज औरंगाबाद में बताया कि इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई और अन्य कृषि कार्य के लिए केवल पचहत्तर पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करायी जाएगी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में वर्ष दो हजार पांच के पहले विकास कार्यों पर बजट का केवल बीस प्रतिशत ही खर्च होता था श्री मोदी ने आज पटना में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्यों पर अब सरकार एक लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है बढ़ती महंगाई मंदी बेरोजगारी बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार और किसानों की समस्याओं सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज पटना में जनवेदना मार्च निकाला गया मार्च में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल अध्यक्ष मदन मोहन झा विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह और अखिलेश सिंह समेत कई नेता शामिल हुए नालंदा जिले में कल से तीन दिवसीय राजगीर महोत्सव शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शाम महोत्सव का उद्घाटन करेंगे सत्ताईस नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का आज भोपाल के निजी अस्पताल में निधन हो गया वे इक्यानवे वर्ष के थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है जमुई जिले के सिकंदरा थाना के सिकंदरा लखीसराय रोड पर एक अनियंत्रित ट्रक से कुचलकर दो लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये सीतामढ़ी जिले के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने मेहसौल ओपी में पदस्थापित सिपाही अखिलेश पासवान को कर्तव्य में लापरवाही और मनमानी के आरोप में निलंबित कर दिया है अररिया जिले के जोगबनी टिकुलिया से एसएसबी के जवानों ने एक घर में छापा मार कर लगभग डेढ़ सौ इंजेक्शन बरामद किया है शिवहर जिले में शिक्षा विभाग की ओर से आज जिले के तेइस परीक्षा केन्द्रों पर बुनियादी साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया गया